भारी वर्षा के दृष्टिगत कल भी बंद रहेंगे राज्य के सभी स्कूल ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से किया सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आहवान मौसम प्रदेश में हो रही भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है

शिमला कालका रेल लाईन पर भी आज रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद रही

वर्षा से सरकारी व निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है सोलन जिले के कंडाघाट उपमंडल के चाकला गांव में एक मकान के ढहने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई सोलन ज़िला के ही रानी गांव में स्कूल जा रहा एक छात्र पैर फिसलने से उफनती कौशल्या नदी में बह गया जबकि एक व्यक्ति की मौत गड़खल के नाहरी में और दो श्रमिकों की मौत बरोटीवाला में मकान ढहने से हो गई उधर मंडी ज़िला में वर्षा संबधित घटनाओं में चार लोगों की मौत हुई है जबकि हमीरपुर ज़िला के भोरंज क्षेत्र के टिक्का ठाणा गांव में एक रिहायशी मकान में मलबा आ जाने से इसमें रह रही दादी पोती की मौत हो गई

बिलासपुर ज़िला के जगातखाना में एक मकान के ढह जाने से ठाकरदास नामक व्यक्ति की मौत हो गई है ऊना ज़िला में एक कार के भूस्खलन के कारण हुए गदढे में गिर जाने से तीन साल की बच्ची की मौत हो गई

जिले के भुंतर नाला पाहनाला और न्यूल नाला में बादल फटने से आई बाढ़ का पानी भूंतर बाजार में घूस गया जिससे बजौरा गौसदन में व्यापक नुकसान हुआ है चंबा ज़िला में भारी वर्षा और भूस्खलन की घटनाओं में सात घर तीन गौशाला और एक आंगनबाड़ी केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया सिरमौर ज़िला में भी भारी बारिश से जनजीवन ब्री तरह अस्त व्यस्त है भूस्खनल के कारण सुबह से नैना टिक्कर के पास बंद कुमारहट्टी नाहन मार्ग को आज सांय यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है इस बीच भारी वर्षा के कारण हो रहे भूस्खलन और जमीन धंसने की घटनाओं के चलते राज्य के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज दिनभर यातायात बाधित रहा शिमला चंडीगढ़ सड़क पर परवाणु से सोलन के बीच एक दर्जन से अधिक स्थानों पर भूस्खलन से यातायात में बाधा आई

शिमला कांगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमीरपुर के भोटा के पास एक पुलिया के क्षतिग्रस्त हो जाने से ये सड़क बंद हो गई तथा यातायात को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जा रहा है इसी सड़क पर मटौर के पास भूस्खलन से यातायात बाधित है सोलन जिला में कंडाघाट चायल मार्ग पर साध्यपुल में कुछ समय पहले ही अश्वनी खड्ड पर बने पुल को भी भारी वर्षा के कारण नुकसान हुआ है जिससे इस सड़क पर यातायात रूक गया है कांगड़ा ज़िला के ढलियारा के पास नक्की खड्ड में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई

किन्नौर ज़िला में बादल फटने की घटना के बाद रिस्पा नाले में आई बाढ़ से एक पुल बह गया इससे रिस्पा गांव का रिब्बा से सड़क सम्पर्क कट गया है ज़िले के मलिंग नाला में भूस्खलन से दो दिनों से बंद सड़क को आज भी यातायात के लिए बहाल नहीं किया जा सका है भूस्खलन के कारण सांगला घाटी के लिए अवरूद्व मार्ग को खोलने के लोक निर्माण विभाग प्रयास कर रहा है राजधानी शिमला में भी भारी वर्षा से जनजीवन ब्री तरह प्रभावित हुआ है शहर के सर्कुलर रोड पर लिफ्ट के पास हुए भूस्खलन से कई घंटे यातायात बाधित रहा जबकि लक्क्ड बाजार व आईजीएमसी सड़कों पर भूस्खलन से भी यातायात में बाधा आई शहर के पंथाघाटी क्षेत्र में हुए भूस्खलन की चपेट में आने से दो कारे और मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त हो गया मौसम विभाग ने राज्य में आज और कल मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मॉनसून के लगातार सक्रिय बने रहने का अनुमान भी व्यक्त किया है

ये जानकारी मुख्य सचिव विनित चौधरी ने प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए शिमला में आज आयोजित एक बैठक में दी मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों से वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया

उन्होंने उपायुक्तों को पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रखने के लिए कदम उठाने और ट्रैकिंग गतिविधियों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए

मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठकुर ने कहा कि पंडोह डैम से ब्यास नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है

उपायुक्त ने इसके दृष्टिगत ब्यास नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों और सैलानियों को नदी से दूर रहने की सलाह दी है इस बीच पौंग बांध से भी कल बाद दोपहर तीन बजे सिल्ट फ़्लैशिंग के लिए पानी छोड़ा जाएगा कांगड़ा के ज़िला राजस्व अधिकारी संजीव कुमार ने इस कार्य के दौरान बांध के निचले क्षेत्रों के लोगों से सचेत रहने और ब्यास नदी के किनारे न जाने का आहवान किया है इधर शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने भारी वर्षा के दृष्टिगत लोगों से अपील की है कि वे केवल बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले उन्होंने लोगों से सतलूज और पब्बर सहित अन्य नदी नालों से दूर रहने तथा पानी का सद्गयोग करने और पानी उबालकर ही पीने सलाह दी है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में भारी बरसात के चलते जानमाल का काफी नुकसान हुआ है और सरकार इसके प्रति गंभीर है उन्होंने सभी उपायुक्तों को सचेत रहने के साथ साथ आपदा से निपटने और प्रभावितों को फौरी राहत देने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी राहत कार्यों में जुट गए हैं मुख्यमंत्री ने जानमाल के नुकसान के साथ कई लोगों की मौत पर दुख जताया है उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कंडाघाट के चाकल गांव में मकान गिरने से चार लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है डॉक्टर बिंदल इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और प्रशासन को राहत व बचाव कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए

अन्य स्थानों पर भी भारी वर्षा हुई है

समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार ने पार्टी के संगठन मंत्री पवन राणा के हवाले से ये खबर दी है

इसी दिन भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति और अन्य संगठनों की बैठकों को भी भाजपा अध्यक्ष ने संबोधित करना था वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जुट जाने का आहवान किया है कंवर ने आज बंगाणा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने को भी कहा

राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश के तुरंत बाद प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और इसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा किशन कपूर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा आरम्म की गई मेधा प्रोत्साहन योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों के लिए मददगार साबित होगी किशन कपूर आज धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के सुक्कड़ और शीला पासू में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे